नई दिल्ली में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए निरीक्षण व सर्वेक्षण के बाद इस स्थान को हवाई पट्टी की स्थापना के लिए उपयुक्त पाया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि सशस्त्र बलों व सैन्य अभियान के लिए चंडीगढ़ के अलावा इस क्षेत्र में कोई भी रक्षा हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं है जिसके अभाव में किसी भी विपरीत स्थिति से निपटना कठिन है उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा बनने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री आज अहमदाबाद में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को प्रदेश में निवेश का न्यौता देंगे

उन्होंने कहा कि इस परियोजना को वित्त मंत्रालय ने सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है गडकरी ने कहा कि केन्द्र सरकार के लिए यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और पिछले पांच वर्ष के दौरान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बेहतर प्रयास किये हैं समिति विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने कल कांगड़ा जिला में चल रहे विकास कार्यो की धर्मशाला में समीक्षा की इस दौरान समिति के सभापति रमेश ध्वाला ने अधिकारियों को प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश दिए समिति ने बाद में चम्बा में भी विकास कार्यों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है तथा अपनी संस्तुतियां विधानसभा के माध्यम से सरकार को भेजेगी अवैध खनन ऊना जिला में बढ़ रहे अवैध खनन के मामलों को लेकर विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री और सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने चिंता जाहिर की है ऊना में कल एक बैठक में मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि जिले में खुलेआम मशीनरी से खनन हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक खनन के मामले पहुंचा रहे है मगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है अग्निहोत्री ने सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मैदानी व मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पुराने एनएच सुधारने को केंद्र देगा पैसा

दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को तीन हजार चार सौ उन्यासी बीघा भूमि का चयन

हिमाचल दस्तक ने लिखा है जयराम की मुहिम को मिला मोदी का साथ

दैनिक भास्कर की एक खबर है अब दुकानदार मर्जी से रेट तय करेंगे सरकार का कंट्रोल खत्म स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों अस्पतालों में मरीजों को मिलेंगे सेब शीर्षक से अमर उजाला लिखता है एचपीएमसी निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया फैसला इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल को दिल्ली ने दी जमीन बदले में देंगे पानी द्वारका में बनेगा एक और हिमाचल भवन दिव्य हिमाचल लिखता है हर जिला में बनाएंगे पशु अभ्यारण्य सरकार ने कोर्ट में दिया शपथपत्र जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा पश् अभ्यारण्य पर क्या हुई प्रगति शिक्षकों के ट्रांसफर रिटायरमेंट अब सेशन के बीच में नहीं होंगे शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है वहीं अमर उजाला ने लिखा है लंबे समय से एक ही क्षेत्र में डटे शिक्षक होंगे ट्रांसफर दे सकेंगे बीस विकल्प हिमाचल दस्तक के मुताबिक अब केवल मुख्यमंत्री ही कर सकेंगे तबादला आदेश